प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूर्ण राज्यत्व दिवस पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं लाहौल स्पीति ज़िले में दो महीने तक चलने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा स्नो फैस्टिवल शुरू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

राज्यस्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हआ जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण परेड का निरीक्षण किया और राज्य पुलिस व एनसीसी कैडेट द्वारा प्रस्तुत शानदार मार्च पास्ट की सलामी ली अपने संबोधन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेशवासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं दी उन्होंने कहा कि विकास के क्षेत्र में हिमाचल ने कई कीर्तिमान हासिल किए हैं और इसका श्रेय यहां की मेहनतकश जनता को जाता है उन्होंने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई एस परमार द्वारा किए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया

उन्होंने कहा कि प्रदेश की विकास यात्रा में पहले मुख्यमंत्री वाई एस परमार सहित शांताकुमार प्रेम कुमार धूमल वीरभद्र सिंह और वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का योगदान रहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार ने विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं और लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं

शिमला में राज्य स्तरीय समारोह में विशेष अतिथि के रूप में बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश को ऊंचाईयों तक पहुंचाने में पूर्व मुख्यमंत्री शांताकुमार और प्रेम कुमार धूमल का योगदान भी सराहनीय रहा है उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार के अथक प्रयासों और सकारात्मक सोच से मिला है अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में हुए विकास का श्रेय अब तक के सभी मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों को दिया

इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री मंत्रिमंडल के सदस्यों प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित अनेक गणमान्य लोग इस मौके पर उपस्थित रहे प्रदेशभर में लोगों ने इस समारोह को एलईडी के माध्यम से वर्चुअली देखा

अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि पूर्ण राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती पर हिमाचल वासियों को हार्दिक बधाई प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक सुंदरता और मनमोहक पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध ये प्रदेश विकास के नए मानदंड स्थापित करता रहे और हमेशा देश की उन्नति में अपना योगदान देता रहे कांग्रेस जयंती शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को श्रद्वासुमन अर्पित किए गए

उन्होंने कहा कि पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार के अथक प्रयासों से ही हिमाचल का ये सपना पूरा हो सका था फैस्टिवल लाहौल स्पिति ज़िले में करीब दो महीने चलने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा स्नो फैस्टिवल आज से शुरू हो गया है जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने पारम्परिक खेल तीरंदाजी के तीर चलाकर इसका शुभारम्भ किया पूर्ण राज्यत्व दिवस की स्वर्णजयंती के उपलक्ष्य में ये स्नो फैस्टिवल शुरू हुआ है और इस दौरान अनेक पारम्परिक खेलों का आयोजन किया जाएगा

राज्यस्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा जहां राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस मौके मौजूद रहेंगे ज़िला स्तर पर भी गणतंत्र दिवस समारोहों का आयोजन किया जाएगा